प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से मानवीय आधार पर कामगारों की संख्या कम न करने का किया आग्रह

उन्होंने कहा कि यदि लोग स्वप्नेरित कर्फ्यू जैसा व्यवहार करके सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो मजबुरी में सख्ती करनी पडेगी और कल से कर्फ्य लगाना पडेगा श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये उन्होंने आज से सभी निजी वाहनों की सड़क पर आवाजाही पर रोक लगा दी है सिर्फ जरूरी सेवाओं और छूटप्राप्त सेवाओं के वाहन ही आ जा सकेंगे

इस रकम से लॉकडाउन के दौरान रोजीरोटी से वंचित गरीब लोगों को एक हजार रूपये मिलेंगे

इसके अलावा बीपीएल स्टेट बीपीएल और अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों निर्माण श्रमिकों और रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेन्डर्स जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे है उन्हें भी एक हजार रूपये की मदद दी जायेगी

इस बीच प्रदेश में कल प्रतापगढ और जोधपुर के दो दो पॉजीटिव मामले सामने आये है

लक्षद्वीप के कुछेक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई हैं कल आधी रात से सभी घरेलू वाणिज्यिक उडाने बंद कर दी गई हैं नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध मालवाहक विमानों पर लागू नहीं होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली मतें संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्व कार्रवाई की जानी चाहिए

एसोचैम फिक्की सीआई आई और देशमर के अहारह शहरों के कई स्थानीय परिसंघों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संवाद में श्री मोदी ने कहा कि जहां तक सम्भव हो वे टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने को कहें उन्होंने असंगठित क्षेत्र की आवश्यकताओं पर एक सुर में बोलने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर असर नहीं पड़ना चाहिए और इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जाना चाहिए उन्होंने उद्योगपतियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कोष का इस्तेमाल विश्व महामारी की इस मुश्किल घड़ी में मानवीय कार्यों के लिए करने का आग्रह किया

इसे देखते हुए इस अवधि के दौरान अनुबंध कर्मियों को ड्यूटी पर उपलब्ध माना जाएगा और उन्हें इस अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अभी तक दो निर्माताओं को किट बनाने की अनुमति दी गई है

अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चौहान एक योग्य और अनुभवी प्रशासक हैं जो हमेशा मध्यप्रदेश के विकास के लिए कार्य करते रहे है इससे पहले कल भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने चौथे कार्यकाल के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में एक सादे समारोह में श्री चौहान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई श्री चौहान को कल भोपाल में भाजपा विधान मंडल दल का नेता चुना गया था